मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला में अंतर्राष्ट्रीय रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट के न्यास बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोन्द्र और रूस सरकार इस ट्रस्ट के रखरखाव व विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है जयराम ठाकर ने कहा कि राज्य सरकार संग्रहालय अनुदान आयोग के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय संस्कृति मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजेगी उन्होंने कहा कि रूसी दूतावास संग्रहालय के रखरखाव संरक्षण और इसकी बहाली के मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है बैठक में ट्रस्ट गैलरी और हेलेना रौरिक कला अकादमी में प्रवेश शुल्क की दरें निर्धारित करने का निर्णय भी लिया गया राज्यपाल राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने शिक्षकों को छात्र राजनीति से बचने की सलाह दी है प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला की वार्षिक कोर्ट की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि इससे परिसर में शैक्षणिक माहौल प्रभावित होता है आचार्य देवव्रत ने उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के महत्व पर बल देते हए कहा कि विद्यार्थियों की उर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए अध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नही होना चाहिए और यदि अध्यापक जागरूक व गम्भीर हो तो युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा सकता है राज्यपाल ने कहा कि विद्वानों के शोधकार्य विश्वविद्यालय की अल्मारियों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए आाचार्य देवव्रत ने विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप में बनाने के लिए सामूहिक प्रयासों की जरूरत बताई

शिमला में कल शाम निगम के निदेशक मण्डल के साथ हुई एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए बागवानी मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि आय बढ़ाने के लिए निजी व सार्वजनिक सहभागिता प्रणाली को अपनाना चाहिए महेन्द्र सिंह ठाक्र ने कहा कि उद्योग विभाग के साथ मिलकर उद्यम स्थापित किए जा सकते हैं और घाटे से उभरने के लिए कई सम्भावनाएं मौजूद हैं पंचायत सम्मेलन प्रदेश के सभी खंडों में युवा पंचायत सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे जिनमें पंचायत प्रतिनिधियों व युवाओं को ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने हमीरपूर जिला के मैहरे में विकास कार्यो का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए गांव का विकास सुनिश्चित बनाना जरूरी है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में सामुदायिक आधार पर विकास कार्यों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी राज्य व केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के आधार पर सभी सीटों पर चुनाव जीतेगी

शांता कुमार सांसद शांता कुमार ने कांगड़ा जिले से संबंधित प्रसिद्ध लोक गायक प्रताप चंद शर्मा को श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार को सरकार की तरफ से एक लाख रूपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है धर्मशाला में त्रिगर्त उत्सव के समापन समारोह और प्रताप चंद शर्मा श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उन्होंने देहरा बचत भवन का नाम प्रताप चंद शर्मा करने का भी ऐलान किया शांता क्मार ने मौजूदा तकनीक के दौर में कला संस्कृति की तरफ ध्यान देने की जरूरत बताई इस मौके उपायुक्त संदीप कुमार सहित अन्य गणमान्य लोगों ने लोक गायक प्रताप चंद शर्मा के चित्र पर पृष्य अर्पित कर श्रद्वांजलि अर्पित की समिति चम्बा विधानसभा की सामान्य विकास समिति के सदस्यों ने आज चम्बा जिले के प्रसिद्व पर्यटन स्थल खजियार का दौरा किया इस दौरान समिति के अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि खजियार में पैराग्लाइडिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी शुरू किया जाएगा समिति के सदस्यों ने चम्बा में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और जिले में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी भी ली राशन कोटा खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के एक प्रवक्ता ने कहा है कि उचित मूल्य की दुकानों में आटा चावल के कोटे में कोई कटौती नहीं की जा रही है शिमला से जारी एक बयान में प्रवक्ता ने कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति पहले की कर दी गई है